उन्होंने प्रमुख औद्योगिक उपक्रमों को सांझा मंच तैयार कर इसका लाभ उठाने का आहवान किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में आपार संभावनायें है और उनकी सरकार की अनुकुल नीतियों ने इस क्षेत्र में व्यापार करने में मदद की है

इस मौके पर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछले पांच वर्षो में घरेल् रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किये गये है और आज देश में पंजी निवेश और नवाचार के लिए उचित माहौल है

उन्होंने कहा कि सेनायें नई चूनौतियों से निपटने के लिए नई प्रौदयोगिकी की ओर देख रही है क्योंकि विश्व प्रौदयोगिकी के दुरूपयोग आंतकवाद और साईबर चनौतियों का सामना कर रहा है प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि देश की रक्षा तैयारी किसी बाहरी देश के विरूदव नहीं है क्योंकि भारत विश्व शांति में भरोसे योग्य हिस्सेदार है उन्होंने सलाह दी कि प्रमुख औदयोगिक उपक्रमो को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विकास और उत्पादन प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सांझा मंच तैयार करना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भय सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों को मौत की सज़ा पर ट्रायल कोर्ट दवारा लगाई गई रोक के खिलाफ केन्द्र सरकार की याचिका को रदद कर दिया है और कहा कि निर्भया कांड के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जायेगी

न्यायाधीश स्रेश क्मार कैत ने यह फैसला सुनाने हये दोषियों को हिदायत की कि वे सात दिनों के भीतर उनके पास उपलब्ध सभी विकल्पों को आज़मा ले उसके अधिकारी कानून अन्सार कार्रवाई कर सकेंगे उच्च न्यायालय ने यह महसूस किया है कि सज़ा आगे डालने की युक्तियां दोषियों ने पूरी प्रक्रिया को विफल किया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास गठित करने का फैसला किया है

उनहोंने कहा कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उतरप्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ की पांच एकड़ भूमि देने के लिए सहमत हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है प्रधानमंत्री ने अयोध्या फैसला आने के बाद लोगों दवारा दिखाई गई परिपक्वता की भी प्रंशसा की श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक तरीकों में उल्लेखनीय विश्वास बताया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्तिचाहे वह हिन्दू म्सलमान सिक्ख इसाई बौद्व पारसी या जैन से हो एक ही परिवार का हिस्सा है श्री मोदी ने कहा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का विकास होना चाहिए और उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है ताकि सभी लोग ख्श रहें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने भारत की आस्था और अटूट श्रद्वा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि आज का दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है श्री कंवरपाल ने बताया कि यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज ग्रूग्राम के अखिल भारतीय पृलिस घुइसवारी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राम रहीम को जेल में किसी से भी जान का खतरा नहीं है जेल मंत्री रंजीत चौटाला के बयान पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि ये उनकी निजी राय है

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य परियोजना क्षेत्रों में मिट्टी जल एवं वनस्पति क्षेत्र जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संरक्षण और विकास करके पारिसिथतिक संतुलन बहाल करना है प्रवक्ता ने बताया कि अम्बाला जिले में एक हिसार और भिवानी में तीन तीन महेन्द्रगढ़ यमुनानगर और रेवाड़ी में दो दो एवं एकीकृत वाटरशैड परियोजनायें स्थापित की जायेगी

उन्होंने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य के सभी जिला उपायक्तों व अतिरिक्त जिला उपायक्तों को आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हैल्पर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र ही लिखा जाएगा